इस बीच मुख्यमंत्री सहित प्रदेश सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने कल दुबई में शीर्ष उद्योगपतियों के साथ बैठकें कीं और निवेशकों को हिमाचल में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जयराम ठाकुर ने उद्यमियों को इस वर्ष नवम्बर माह के दौरान राज्य सरकार द्वारा धर्मशाला में आयोजित की जाने वाली ग्लोबल इंवेस्टर्स मीट के लिए भी आमंत्रित किया

आयोग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार केरल पहले और आंध्र प्रदेश दूसरे जबकि महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है नई दिल्ली में कल स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट का दूसरा संस्करण जारी करने के अवसर पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि केंद्र स्वास्थ्य सूंचकाक में सुधार के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम कर रहा है मादक पदार्थ आज मादक पदार्थो के दुरूपयोग और अवैध कारोबार के विरूद्व जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है

इस वर्ष का विषय है न्याय के लिए स्वास्थ्य स्वास्थ्य के लिए न्याय इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे पुलिस प्रशासन द्वारा सुबह दस बजे शिमला के रिज मैदान पर एक रैली आयोजित की जाएगी जिसे शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे डीसी बिलासपुर इस बीच बिलासपुर के उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने कहा है कि नशे पर लगाम लगाने के लिए सभी वर्गो का सहयोग जरूरी है बिलासपुर में जिला पुलिस द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि नशा एक धीमा जहर है और इसे रोकने के लिए जहां अभिभावकों की अहम भूमिका है वहीं समाज का जागरूक होना भी जरूरी है गोयल ने अध्यापकों अभिभावकों विद्यार्थियों और समाज का आहवान किया कि नशे में लिप्त युवाओं को इससे बाहर निकालने के लिए प्रेरित करें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

लोग नमो ऐप और माइ गोव के माध्यम से अपने सुझाव साझा कर सकते हैं डीसी कुल्लू कुल्लू की उपायुक्त रिचा वर्मा ने कहा है कि अल्पसंख्यकों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए सरकार ने अनेक योजनाएं चलाई हैं कुल्लू में कल एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि संबंधित विभागों को ईमानदारी के साथ योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए कार्य करना चाहिए

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज लगभग सभी समाचार पत्रों ने राज्य सरकार और दुबई की कंपनी के बीच हुए एमओयू से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है दैनिक जागरण का शीर्षक है हिमाचल में एक हजार करोड़ का निवेश करेगी दुबई की कंपनी पंजाब केसरी के शब्द हैं हिमाचल में एक हजार करोड़ के लग्जरी रिजॉर्ट बनाएगा यूएई अमर उजाला का कहना है हजार करोड़ के लिए दुबई में चार एमओयू दिव्य हिमाचल के मुताबिक दुबई में एक हजार करोड़ के समझौते हिमाचल दस्तक ने लिखा है फूड प्रोसेसिंग और ट्ररिज्म में निवेश करने को यूएई राजी अमर उजाला ने खबर दी है सेब में स्कैब के हमले से हड़कंप अफसरों की छुटिटयां रद्द की इसी पत्र के अनुसार शिक्षकों के सज धज कर स्कूल आने पर लगाई रोक शिक्षा निदेशालय ने जारी किए फरमान

पत्र के अनुसार चंडीगढ़ मनाली एनएच पर पहाड़ी में दरारें अर्ल्ट जारी आपका फैसला ने खबर दी है नीति आयोग की हैत्थ रैकिंग में हिमाचल छठे नंबर पर दैनिक जागरण लिखता है स्वास्थ्य व्यवस्था में हिमाचल का छठा रैंक जबकि हिमाचल दस्तक के शब्द हैं हिमाचल की सेहत पहले के मुकाबले मजबूत

ृ हिमाचल में तीन नवंबर से पहले होंगे उपचुनाव दिव्य हिमाचल की एक खबर है